जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ने आज प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे बजट का प्रश्नकाल के दौरान विधायक होशियार सिंह के सवाल के जवाब में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि बेरोजगारों को अधिक संख्या में रोजगार उपलब्ध करवाए जाए

विधायक बलबीर सिंह के सवाल के जवाब में जल शक्ति मंत्री ने कहा कि चिंतपुरनी के नजदीक धलवाड़ी में हैलीपैड का निर्माण प्रस्तावित है

केंद्रीय मंत्री केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री अश्वनी कुमार चौबे ने बिलासपुर जिले के कोठीपुरा में निर्माणाधीन एम्स का आज निरीक्षण किया इस अवसर पर उन्होंने एनबीसीसी और एम्स के अधिकारियों के साथ निर्माण कार्यो के बारे में चर्चा कर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय में पूरा करने को कहा इस दौरान उन्हें एम्स के बारे में विस्तारपूर्व जानकारी भी दी गई है मेंट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़डा ने आज राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से शिमला स्थित राजभवन में एक शिष्टाचार भेंट की इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज भी मौजूद रहे इस बीच जगत प्रकाश नड्डा ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से उनके निजी आवास हौलीलॉज में भेंट कर उनका क्शल क्षेम पूछा

उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह का हिमाचल की राजनीति में सराहनीय स्थान है इस अवसर पर विधायक विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे अभिनन्दन समारोह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने गृह जिला बिलासपुर के झंडुता पहुंचने पर जगत प्रकाश नड्डा के सम्मान में आज नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया समारोह को सम्बोधित करते हुए जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि लोगों का प्यार पार्टी की मजबूती के लिए और अधिक प्रतिबद्धता व समर्पण की भावना से कार्य करने की प्रेरणा देगी उन्होंने पार्टी की जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृह मंत्री अमितशाह सहित अन्य केंद्रीय वरिष्ठ नेताओं का आभार जताया नड्डा ने कहा कि भाजपा ही एक ऐसा राजनीतिक दल है जो विचार धारा से चल रहा है उन्होंने कहा कि भविष्य में भाजपा और मजबूती के साथ उभरेगी इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा कि जगत प्रकाश नड्डा के प्रयासों से प्रदेश को चार मैडिकल कॉलेजों सहित मिले ऐम्स जैसा संस्थान मिला है उन्होंने कहा कि नड्डा के कुशल नेतृत्व में भाजपा नई उचाईयों को छुएगी

उन्होंने कहा कि ये सब उनके कठिन परिश्रम व समर्पण का परिणाम है समारोह को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी सम्बोधित किया इस अवसर पर भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे युवा सम्मेलन नेहरू युवा केंद्र द्वारा ऊना में जिला स्तरीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया ऊना के उपायुक्त संदीप कुमार ने सम्मेलन में कहा कि नेहरू युवा केंद्र युवाओं को सही प्रेरणा व मार्गदर्शन करने का कार्य करता है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर युवा स्वरोजगार अपनाकर अपनी आर्थिकी सुदृढ़ कर सकते हैं सम्मेलन में युवा सशक्तिकरण मुददे व चुनौतियां विषय पर चर्चा की गई उधर किन्नौर जिला के रिकांगपिओ में नेहरू युवा केंद्र द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस अवसर पर उपायुक्त गोपाल चंद ने महिला व युवक मंडलों के सदस्यों से ऐसे कार्यकमों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित बनाने का आग्रह किया